उन्होंने कहा कि इसका एकमात्र उपाय है आत्मनिर्भर भारत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष आज पूरा हो गया है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों के लिये पत्र लिखा है

देशवासियों की आशाओं आकाँक्षाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया एक ओर जहां अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और विशाल अर्थव्यवस्था वाली विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ हैं वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी आबादी और अनेक चुनौतियों से घिरा हमारा भारत है कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदलकर रख दिया है श्री मोदी ने कहा कि जनता ने यह साबित किया है कि भारतीयों की सामूहिक शक्ति और क्षमता विश्व के ताकतवर और सम्पन्न देशों की तुलना में कहीं अधिक है प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने बड़े संकट की घड़ी में निश्चित रूप से यह दावा नहीं किया जा सकता कि किसी को असुविधा या परेशानी नहीं हुई उन्होंने कहा कि हमारे मजदूरों प्रवासी कामगारों लघु उद्योगों के शिल्पकारों दस्तकारों हॉकरों और अन्य लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है श्री मोदी ने कहा कि हम उनकी परेशानी कम करने के लिए एकजुट और प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि वक्त की यह जरूरत है कि हम आत्म निर्भर बनें और हमें अपनी क्षमताओं के आधार पर अपने रास्ते से आगे बढ़ना होगा आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा अपने बलबूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है आत्मनिर्भर भारत

यह अभियान हर एक देशवासी के लिए हमारे किसान हमारे श्रमिक हमारे लघु उद्यमी हमारे स्टार्ट अप्स से जुड़े नौजवान सभी के लिए नए अवसरों का दौर लेकर आएगा भारतीयों के पसीने से परिश्रम से और उनकी प्रतिभा से बने लोकल उत्पादों के दम पर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष में सरकार के कुछ फैसलों की व्यापक चर्चा हुई और वे सार्वजनिक विचार विमर्श का केन्द्र रहे

बीते एक वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी बहुत स्वाभाविक हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केन्द्र में नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष को ऐतिहासिक बताते हुए उसे उपलब्धियों से भरा बताया मोदी सरकार को दिये अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार किया है

बाइट सरकार का यह जो एकवर्ष का कार्यकाल केन्द्र सरकार का है वह बहुत ऐतिहासिक है क्योंकि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दूसरे कार्यकाल में कई बड़े बड़े काम हुए है इसको लेकर के देश वर्षो बरस इसकी प्रतीक्षा कर रहा था

उसका सदा सदा के लिये अन्त हो गया श्रीराम जन्म भूमि पर मंदिर निर्माण का विवाद था और उस विवाद का जिस जिस प्रकार से देश की सर्वोच्च अदालत में फैसले के माध्यम से समाधान हुआ और भारत के नागरिकता कानून के माध्यम से पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो हिन्दू सिख जैन बौद्ध ईसाई जो वहां के अल्पसंख्यक है उनको सीएए के माध्यम से जो नागरिकता देने का एक अलग से प्रावधान किया गया है वह भी हिन्दुस्तान की जो संस्कृति है उसके हिसाब से बड़ा दायितव निर्वाह करने का काम किया गया है

उन्होंने कहा कि सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल राष्ट्र के सर्वागीण विकास को सुनिश्चित करने में पूरी तरह से सफल रहा है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

यह कार्यक्रम आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी से मन की बात के हिंदी प्रसारण के तुरन्त बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में पुनः प्रसारण शाम आठ बजे किया जाएगा प्रदेश में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से सटे कुछ जिलों में फसलों को टिड्डियों के हमले से बचाने के लिये राज्य सरकार सभी उपाय कर रही है आकाशवाणी से बातचीत करते हुए प्रमुख सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने बताया टिड़ियों का जो यहा ंपर खतरा बना था राजस्थान की तरफ से जो आ रही थी कुछ जो दल थे जो झांसी साइड में आये थे उनको बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित किया गया इसमें हमारा ग्रामवासियों का भी सहयोग था और थोड़े बहुत जो दल ललितपुर और सोनभद्र में भी आये थे उनको भी हम लोगों ने नियंत्रित किया

हमारे जो अधिकारी है प्रशासन के और फायर ब्रिगेड के साथ आयेंगे उनका केन्द्रीय दल भी पहुंचेगा उसको वहां पर मारा जायेगा जिससे कि यह आगे नुकसान न पहुंचा सके क्योंकि आपदा तिथियों में इसको आपदा की तरह माना गया है जो भी अगर किसान भाइयों बहनों के खेतों में नुकसान होता है किसी भी फल सब्जी का तो उसका मुआवजा जिला प्रशासन उसका सर्वेक्षण कराके देगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी निराश्रित लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस निराश्रित व्यक्ति के पास राशन न हो उसे खादयान के लिये एक हजार रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाये लखनऊ में आज अपने आवास पर लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई निराश्रित व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है और उसके पास आयुष्मान भारत योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड नहीं है तो उसे तुरन्त मदद के तौर पर दो हजार रूपये दिये जाये